वित मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट के जरिये ेश करेंगे े रलैस बजट

टीकाकरण कोरोना से स्रक्षा के लिए वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरूआत करते हुए आज स्बह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आय्र्िज़ान संस्थान एम्स जाकर कोरोना वायरस के टीके की हली खुराक ली उन्होंने राष्ट्र को कोविड म्क्त बनाने के लिए लोगों से अ ील की कि वे इस टीके को अवश्य लगवाएं उ राष्ट्र ति एम वेंकैया नायड्र ने भी आज कोविड का टीका लगवाया भो ाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभ्राम चौधरी ने जेपी अस् ताल में टीका लगवाया

डिंडोरी में टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में ब्ज्र्ग जिला चिकित्सालय थ्हंचे देवास में म्ख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एमपी शर्मा ने बताया कि टीकाकरण से छूट गए हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर भी अधना रजिस्ट्रेशन कर टीका लगवा सकते हैं

शिवप्री में वृद्धजनों में कोरोना वैक्सीन के प्रति अच्छा उत्साह देखा गया अशोकनगर सागर और राजगढ़ सहित अन्य जिलों में भी टीकाकरण के प्रति लोगों में उत्साह देखा गया

मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरुरी नमस्कार